कोरिया जिले के बैक ठपुर में खांडा बांध ट्रटने की वजह से कई एकड़ की फसल खराब होने की खबर

स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल प्रदेश में बीते उन्नीस सितंबर से अनिश्चित हड़ताल कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन के संविदा कर्भियों ने शासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद आज भी कई जिलों में सामूहिक इस्तीफा सौंपा है ये संविदा कर्मी नियमितीकरण की एकसूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर है इस वजह से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है पिछले दिनों विभिन्न जिलों में प्रशासन ने इन कर्भियों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का अल्टीमेटम भी दिया था इसके बावजूद कई जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कांकेर कोंडागांव कोरिया मुंगेली और सरगुजा सहित अन्य कुछ जिलों में आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्भियों ने आज सामुहिक इस्तीफा दिया है इस बीच खबर मिली है कि कोरिया जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष एसएन राठौर ने आज हडताल कर रहे उनतीस संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है वहीं सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीएस सुसोदिया ने बताया है कि जिले में पदस्थ चार सौ सत्तर संविदा स्वास्थ्य कर्भियों में से करीब एक सौ साठ कर्मचारी हड़ताल छोड़कर काम पर लौट आए हैं उधर जांजगीर चांपा जिले में इस्तीफा देने के बाद हड़ताली कर्मचारी आज गौठानों में पहुंचे और विरोध स्वरूप वहां गोबर इकट्ठा कर उसे बेचने की कोशिश की

जिला कलेक्टर किरण कौशल और पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आज शहर में भ्रमण कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए

बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी लॉकडाउन के चलत सड़के सुनसान रही और नागरिक घरों से नहीं निकले वहीं बालोद में कुछ व्यापरियों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की ओर से कुछ दुकानों को सीले कर दिया गया है जिले को कल शाम छह बजे से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इसी तरह रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है यहां के पटेलपाली सब्जी मंडी में अधिक कीमत पर सब्जी बेचने की शिकायत मिली थी इसके बाद यहां तीन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसुला गया उधर दूर्ग जिले में भी कल से तीस सितंबर तक घोषित पूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों के सुबह और शाम के समय सैर पर निकलने पर भी रोक रहेगी जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है इस बीच दुर्ग पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए आमजनों को समझाईश देने के उद्देश्य से आज शाम शहर में फ्लैग मार्च निकाला वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जगदलपुर में भी धारा एक सौ चवालीस लागू कर दी गई है

जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया है कि कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दस दलों का गठन किया गया है वहीं जांजगीर थाने में पदस्थ कर्मचारी और एक आरोपी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद थाने को दो दिनों के लिए सील कर दिया गया है इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका और पदम विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेवजह घर से नहीं निकले और यदि बाहर जाए को मास्क जरूर लगाएं

संचालक स्वास्थ्य सेवाए नीरज बंसोड़ द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि मरीज के इलाज के लिए निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत पर जिला कलेक्टर कार्रवाई कर सकते हैं गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लिए दरें तय कर दी हैं निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज में होने वाला खर्च मरीज को खूद ही वहन करना होता है सभी अस्पताल डायग्नोसिस के लिए आयुष्मान भारत और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निर्धारित शुल्क लेंगे इसके अलावा समी अस्पतालों में दवाइयां वास्तविक बाजार मूल्य पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों के पचास प्रतिशत बिस्तरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कोरोना समाचार कोरिया जिले के कंचनपुर स्थित कोविड अस्पताल को बेहतर इलाज व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की वजह से राज्य में दूसरा स्थान मिला है जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा और कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अमरदीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है राज्य सरकार द्वारा जारी सूची में गरियाबंद का कोविड अस्पताल सुविघाओं और इलाज की बेहतर व्यवस्था के कारण पहले नंबर पर है इधर रायपुर में एक वचुर्अल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पांच ऑक्सीजन कंसंद्रेटर मशीने भेंट की गई हैं सिम्स हाईकोर्ट बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय ने सिम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर आज सनवाई की अदालत ने कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन को चार हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है इस जनहित याचिका में बताया गया है कि सिम्स के मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी है और अस्पताल में इलाज संबंधी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं

तीस सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत राज्य में एक करोड़ चौदह लाख बच्चों और किशोरों को कमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपूर के सिविल लाइन स्थित चिप्स कार्यालय में बच्चों दवा खिलाकर इस कार्यक्रम की शुरूआत की श्री सिंहदेव ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी सावधानी बरतते हुए बच्चों को ये दवा खिलाएंगी स्वास्थ्य मंत्री ने सभी पालको से अपील की है कि वे अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उन्हें दवाई का सेवन अवश्य कराएं सिंहदेव मनरेगा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कार्यों में मजदूरी भूगतान के लिए राशि जारी करने की प्रक्रिया तय समय में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मंत्री ने वीडियो कान्फेंसिंग के जरिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने ग्रामीण विकास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए साथ ही निर्माणाधीन गौठानों चारागाहों और नरवा उपचार के कार्यों को जल्द पूरा करने का कहा श्री सिंहदेव ने गौठान और चारागाह निर्माण के तीसरे चरण के लिए जगह की पहचान और अन्य प्रक्रियाए हो पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए कोरिया बांध कोरिया जिले के बैक ंठप्र स्थित खांडा बांध पानी की अधिकता की वजह से दूट गया है इसके कारण बांध के आसपास स्थित खेतों में पानी भरने के कारण कई एकड़ फसल खराब होने की खबर मिली है बताया जाता है कि दो दिन पहले से ही बांध से पानी रिस रहा था ग्रामीणों ने इस बात की सूचना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी थी इसके बाद भी बांध से पानी रोकने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई बांध टटने के बाद किसानों की फसलों को हए नुकसान के मामले को स्थानीय विघायक अंबिका सिंहदेव ने काफी गंभीरता के साथ लिया है उन्होंने प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने के संबंध में कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे के साथ द्रमाष पर चर्चा की श्रीमती सिंहदेव ने बताया कि नुकसान का आंकलन किया जाएगा और बांध दृटने के मामले में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित कुंदेड़ गांव से अगवा किए गए युवक की माओवादियों ने हत्या कर दी है इस युवक का शव कदेड मिस्सीगुड़ा गांव के पास से बरामद किया गया है इस बीच जानकारी मिली है कि इस युवक की तलाश में निकले गांव के चार अन्य लोगों को भी माओवादियों ने अगवा कर लिया है वहीं बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हई मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला प्रलिस बल के जवान गश्त पर निकले थे इसी दौरान गोंगला और मारिमल्ला के बीच यह मुठभेड़ हुई इसी जिले के नैमेड़ थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके पास से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है पीएम फिट इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और नागरिकों के साथ कल बातचीत करेंगे फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रघानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे संवाद में विराट कोहली से लेकर भिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां भाग लेंगी

आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी मध्यप्रदेश और उसके आस पास एक निम्नदाब का क्षेत्र बना हुआ है वहीं एक मानसून द्रोणिका राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है इसके असर से राज्य में बारिश का दौर जारी है संक्षिप्त समाचार रायगढ़ के धरमजयगढ़ स्थित मेंढरमार गांव में खेत में लगे बिजली तार के करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है वन विभाग मामले की जांच कर रहा है राज्य की लोक कला नाचा के जनक माने जाने वाले दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की कल पुण्यतिथि है राज्यपाल अनुसईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा है कि दाऊ मंदराजी ने छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्माई हैं छत्तीसगढ़ हिन्दी साहित्य परिषद के कोंडागांव इकाई के संरक्षक और मशहूर शायर हयात रिजवी का आज निघन हो गया है कोंडागांव सहित राज्य के अनेक साहित्यकारों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है लॉकडाउन के बावजद दसरे राज्य से रायपुर जिले में शराब लाने के मामले में आबकारी विमाग ने दो लोगों को गिरफ्तार किया हैं इनके पास से करीब एक लाख अस्सी हजार रूपए कीमत की शराब बरामद की गई है

बिलासपुर में आईपीएल क्रिकेट भैच में सट्टा लगाने वाले तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिले में पुलिस द्वारा सट्टा खेलने और खिलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वहीं रायगढ़ के घरघोड़ा में भी क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में करीब तीस लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के मुताबिक एक सामजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कुछ लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे इसी दौरान दमगढ़ गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ